धान खरीदी प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज अंतिम दिन है हालांकि पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में बारदानों की कमी सहित अन्य समस्याओं को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं कुछ जिलों में धान खरीदी का काम भी प्रभावित हुआ है खाद्य सचिव कमलप्रीत सिंह ने बारह जिलों से जानकारी लेकर वहां बारदानों की कमी को देखते हुए करीब आठ लाख बारदाने उपलब्ध कराने की व्यवस्था की उन्होंने बताया कि सबसे अधिक डेढ़ लाख बारदाने बेमेतरा और कबीरधाम जिले में उपलब्ध कराए गए हैं इस बीच धान खरीदी के अंतिम दिन आज बेमेतरा कबीरधाम और कोंडागांव जिले में कुछ स्थानों पर किसानों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया ये किसान धान खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे धान खरीदी के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में आज भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा इस ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने धान खरीदी की तारीख पंद्रह दिन आगे बढ़ाने की मांग की है राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने बताया कि धान खरीदी के दौरान किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा आगामी बाईस फरवरी को विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा

यह ऑपरेशन बीते अट्ठारह फरवरी की शाम से शुरू किया गया इस संबंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि यह अभियान तेलंगाना की सीमा से महाराष्ट्र की सीमा तक एक साथ चलाया जा रहा है इसमें छत्तीसगढ़ के विशेष कार्य बल एसटीएफ और डीआरजी के करीब चौदह सौ जवान तथा सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के साढ़े चार सौ जवान शामिल हैं यह अभियान माओवादियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में चलाया जा रहा है जिसमें किस्टाराम और पामेड़ के अलावा अबूझमाड़ का इलाका शामिल है अब तक मिली जानकारी के अनुसार सुकमा जिले के टोण्डामरका इलाके में एसटीएफ और डीआरजी के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी का शव हथियार सहित बरामद किया गया है वहीं चार अन्य माओवादियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है इस मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है उधर नारायणपुर जिले के इकुल ग्राम के पास सुरक्षा बलों के साथ हुई एक अन्य मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया वहीं कुछ अन्य माओवादियों के घायल होने की सूचना मिली है पुलिस महानिदेशक ने इस अभियान को बहुत महत्वपूर्ण बताया है इस बीच सुकमा जिले में आज सुरक्षा जवानों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए बारूदी सुरंग को निष्क्रिय कर दिया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया मिली जानकारी के अनुसार यह विस्फोटक फूलबगड़ी और गोलाबेक्र के बीच कच्चे रास्ते पर निकले जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था डीजीपी सरग्जा प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि किसी भी हालत में आम लोगों से पुलिस के खिलाफ शिकायत नहीं मिलनी चाहिए उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने को कहा आज अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री अवस्थी ने कहा कि पुलिस का व्यवहार आम जनता से अच्छा होना चाहिए इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज और सरगुजा संभाग के आईजी रतनलाल डांगी भी मौजूद थे केंद्रीय मंत्री भिलाई केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थापित अत्याधुनिक स्टील मेल्टिंग शॉप में लगाए गए एक सौ अस्सी टन क्षमता वाले नए कन्वर्टर का शुभारंभ किया इसके साथ ही भविष्य में कच्चे लोहे के साथ ही ढले हुए लोहे के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के यूनिवर्सल रेल मिल में इस समय विश्व की सबसे लम्बी रेलपातों का निर्माण किया जाता है इसकी लंबाई एक सौ तीस मीटर है

इससे भारतीय रेलवे में रेलपातों की बढ़ती मांगों को पूरा करना और भी सरल हो जाएगा मनरेगा रोजगार प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में अब तक ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख से अधिक का रोजगार दिया जा चुका है प्रदेश में वर्तमान में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यो में ग्यारह लाख बीस हजार से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं लक्ष्य के विरूद्व रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ अभी देश में नौवें स्थान पर है दीक्षांत समारोह बस्तर विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज जगदलपुर में संपन्न हुआ राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने समारोह में वर्ष दो हजार चौदह से दो हजार उन्नीस तक विभिन्न विषयों की प्रावीण्य सूची में प्रथम आने वाले दो सौ छप्पन विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया उन्होंने इन पांच वर्षो में सफल होने वाले साठ हजार से अधिक विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां भी प्रदान की समारोह के मुख्य अतिथि आईआईएम अहमदाबाद के संस्थापक पद्मश्री प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा में व्यक्ति विचार संस्कार और व्यवहार ये चार चीजें महत्वपूर्ण हैं कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित कुछ अन्य मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद थे

भारत में भी इसके तीन मरीज पाए गए हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में विशेष रूप से बनाए गए वार्डों में किया जा रहा है हालांकि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों चीन से लौटे नागरिकों का परीक्षण करने के बाद अभी तक कोरोना वायरस से प्रभावित कोई भी मरीज नहीं मिला है

राष्ट्रीय कृषि मेला राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन आगामी तेईस फरवरी से राजधानी रायपुर में किया जाएगा फल सब्जी मंडी प्रांगण तुलसी बाराडेरा में पच्चीस फरवरी तक चलने वाले इस मेले में कृषि उपज से संबंधित विभिन्न सामानों उपकरणों और उन्नत किस्म के अनाजों तथा फल सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी यह प्रदर्शनी सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक आम लोगों और किसानों के लिए खुली रहेगी दुर्घटना बलरामपुर जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया मिली जानकारी के अनुसार बलरामपुर थाना क्षेत्र के चांदो मार्ग पर एक चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को अम्बिकापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

वहीं चार अन्य आरोपी फरार हैं पुलिस के मुताबिक यह गिरोह जमीन खरीदी बिक्री के नाम पर लोगों से लाखों रूपये की ठगी कर चुका है इसमें बिलासपुर और बेमेतरा सहित उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के आरोपी शामिल हैं

इस अवसर पर देशभर के महादेव मंदिरों और शिवालयों में रूद्राभिषेक सहित विशेष पूजा अर्चना की जाएगी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है वहीं माधी पूर्णिमा से शुरू हुए राजिम माधी पुन्नी मेले का भी कल समापन होगा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राजिम माघी पुन्नी मेला के अंतिम दिन कल सुबह से ही देशभर के विभिन्न अखाड़ों और मठों से आमंत्रित साधु संतों और श्रद्वालुओं द्वारा पुण्य स्नान किया जाएगा इसके लिए प्रशासन द्वारा मेला स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं मौसम छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कुछ स्थानों में अगले दो दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने बताया कि सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों के साथ ही बिलासपुर कवर्धा बेमेतरा रायगढ़ और राजनादगाव जिलों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बौछारे पड़ सकती हैं इस कारण तापमान में भी कुछ कमी आने की संभावना है